प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्हें नागरिकता संशोधन विघेयक पारित होने पर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है श्री मोदी ने एक ट्वीट में उन्हें आश्वस्त किया कि कोई भी उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता और न ही उनकी पहचान संस्कृति और विकास पर इसका कोई असर पड़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार असम समझौते की धारा छह के अनुसार लोगों की राजनीतिक भाषाई सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है इधर प्रदेश में नागरिकता के लिए वर्षो से प्रतीक्षा कर रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने से खुश हैं पाकिस्तान से आए हजारों शरणार्थी पिछले कई वर्षो से नागरिकता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे राज्य के सीमावर्ती जिलों में रह रहे पाक विस्थापितों ने विधेयक के पास होने पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया राजस्थान में पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोगों के लिए काम करने वाले संगठन सीमान्त लोक संस्थान के हिन्दू सिंह सोढा ने आकाशवाणी को बताया कि विस्थापित लोग लम्बे समय से नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे थे

बाड़मेर में रहने वाले पाक विस्थापित नरपत सिंह का कहना है कि उनके लिए ये दिन दिवाली मनाने जैसा है अब जल्द ही उन्हें भारत की नागरिकता मिल जायेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के राज्यसभा में भी पास होने पर खूशी जताते हुए कहा कि पडोसी देशों से प्रताडित होकर आये हजारों लोंगों को इससे न्याय मिलेगा और वे सम्मान का जीवन जी सकेंगे

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सभी याचिकाओं पर विचार के बाद उन्हें निरस्त किया गौरतलब है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने नौ नवबंर को राम जन्म भूमि विवाद को लेकर दिये गये अपने फैसले में राम मंदिर निर्माण उसी जगह पर करने और मुस्लिम समुदाय को अयोध्या में दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का सरकार को आदेश दिया था

शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर इस आयोग के अध्यक्ष होंगे छह महीने के भीतर आयोग इस बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा

इसे लेकर पार्टी ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं

इस बैठक में नई दिल्ली से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समन्वय समिति को संबोधित किया

उन्होंने राज्य सरकार की भूमिका से अवगत कराया और जनगणना कार्य की प्रगति के संबंध में चर्चा की उन्होंने संबंधित विभागों के सचिवों से जनगणना के कार्य में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया

ये रिश्वत वीसीआर की राशि कम करने की एवज में मांगी गई थी

ये रिश्वत परिवादी से मारपीट के एक मामले में कार्यवाही नहीं करने के बदले में मांगी गई थी

पाली के ही काला पीपल की ढाणी में नहर में पैर फिसलने से एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई

सोजत थाना इलाके में टैंकर और पिकअप की टक्कर में पिकअप में सवार चार लोग घायल हो गये

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद ठण्डी हवाएं चलने और बादल छाने से सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि आज और कल उत्तर पश्चिमी जिलों श्रीगंगानगर हनुमानगढ बीकानेर चूरु सीकर और झुन्झुनू में हल्की वर्षा हो सकती है साथ ही सर्द हवाए भी चलने की संभावना है

पाली जिले में कई स्थानों पर मावठ की बारिश हई वहीं सवाईमाधोपुर में हल्की ब्रंदीबांदी के बाद ठण्डी हवाएं चल रही हैं सिरोही और करौली में भी मौसम में अचानक बदलाव आया है और ठण्ड का असर बढ गया है